इस अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर भव्य सैन्य परेड का आयोजन किया गया जिसमें देश के इतिहास सांस्कृतिक विविधता और सामरिक शक्ति की भव्य झांकी दिखाई दी राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने तिरंगा झंडा फहराया और परेड की सलामी ली ब्राजील के राष्ट्र्पति जाइर मैसियास बोलसोनारो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे राष्ट्रीय समारोह में राजपथ पर मध्यप्रदेश की भी झांकी निकली जनजातीय संग्रहालय पर आधारित प्रदेश की झांकी में राज्य के विभिन्न आदिवासी समुदायों की कला संस्कृति और पंरपराओं की झलक दिखायी दी

इस अवसर पर राज्यपाल लालजी टंडन ने भोपाल के लाल परेड़ मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों और संस्थाओं को इस मौके पर पुरस्कार प्रदान किये गणतंत्र दिवस समारोह में सरकार की उपलब्धियां दर्शाने के लिए विभिन्न विभागों की रंगारंग झांकियां भी निकाली गई पुलिस सीमा सुरक्षा बल होमगॉर्ड वन सिविल डिफेंस एनसीसी और स्काउंट तथा गाइड समेत अनेक विभागों की परेड़ भी आयोजित की गई मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर में ध्वजारोहण किया नेहरू स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में सरकार द्वारा जनहित के लिए किये जा रहे कार्यो का जिक्र करते हुए जनता के कल्या्ण के प्रति अपनी वचनबद्वता दोहराई

बालाघाट से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थानीय मूलना स्टेडियम गांउड पर आयोजित किया गया जहां खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने ध्वजारोहण किया सीहोर में जिले के प्रभारी मंत्री आरिफ अकील ने परेड की सलामी ली उधर शाजापूर में जल संसाधन मंत्री हक्म सिंह कराडा के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया होशंगाबाद जिले में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया यहां जनसंपर्क मंत्री पीसीशर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली सागर में कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए आगरमालवा में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने परेड की सलामी और मुख्यमंत्री के संदेश को वाचन किया बड़वानी में बाला बच्चन गुना में श्रम मंत्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ग्वालियर में खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह खंडवा में संस्कृति मंत्री डाक्टर विजयलक्ष्मी साधो सीधी में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल जबलपुर में वित्त मंत्री तरूण भानोत नरसिंहपुर में विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति दमोह में परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत छिदवाड़ा में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे रायसेन में स्कूल शिक्षा मंत्री डाक्टर प्रभुराम चौधरी भिंड में सहकारिता मंत्री गोविन्द सिंह खरगौन में कृषि मंत्री सचिन यादव देवास में लोकनिर्माण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा रीवा में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली वहीं मंदसौर शिवपुरी उमरिया मंडला शहडोल अशोक नगर विदिशासिवनी सहित कई जिलों में जिला कलेक्टरों के मुख्य आतिथ्य में गणतंत्र दिवस आयोजित किया गया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार नई सोच के साथ प्रदेश को विश्व में नई पहचान दिलायगी